गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार अनुसूचित जाति तथा अन्सूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम के मूल प्रावधानों को बहाल करने सम्बधी विधेयक के इसी सत्र में पारित कराना चाहतीहै गृहमंत्री लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस सदस्यों द्वारा उठाये गये मुद्दे पर जवाब दे रहे थे श्रीराजनाथ सिंह ने कहा कि केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने इस सम्बधी विधेयक को मजूंरी दे दी है तथा एनडीए सरकार इसे इसी सत्र में पारित कराना चाहती है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद कहा था कि सरकार इस अधिनिमयम को कमजोर करने की किसी भी प्रक्रिया को स्वीकार नहीं करेगी और यदि जरूरत हुई तो अनुसूचित तथा अन्सूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचारों को रोकने के लिए इससे भी कड़ा कानून लाएगी हरियाणा में द्रध की ग्रणवत्ता को बेहतर बनाने की दिशा में म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने पश् चिकित्सकों को भी द्रध का सैंपल लेकर प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजने का अधिकार देने के अन्रोध को स्वीकार किया है आज मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित जनता दरबार मे होमगार्ड के लिए इयूटी लगाने की प्रक्रिया को आनलाइन करने तथा घग्गर नदी में अवैध खनन की शिकायतों पर संयुक्त टीमों दवारा नियमित छापामार कार्रवाई करने तथा दोषियों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पश् चिकित्सक अपने क्षेत्र में दूध का सैंपल ले कर इसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेज सकेंगे इससे द्ध की ग्णवत्ता को बरकरार रखने में मदद मिलेगी इस मौके पर डिप्लोमा वेटनरी एशोसिएशन दवारा रखी गई मांगों पर अतिरिक्त मुख्य सचिव पश्पालन विभाग को गौर करने के निर्देश दिए म्ख्यमंत्री ने घग्गर नदी में अवैध खनन रोकने की मांग को गंभीरता से लेते हए पंचक्ला जिला में अवैध खनन रोकने के लिए नियमित छापामारी करने तथा हर हालात में अवैध खनन रोकने के निर्देश दिए

इसके साथ साथ हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने स्कूलो को सबको शिक्षा का अधिकार कानून के तहत लाने की मांग रखी तो म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विभाग दवारा स्कूलों को मान्यता देने के संबंध में नीति बना रखी है यदि एसोसिएशन अपने सुझाव देगी तो उनपर आवश्यक तौर पर विचार किया जाएगा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ अशोक तंवर ने आज रेवाड़ी के गांव मीरप्र स्थित इदिरा गांधी विश्वविद्यालय में सरकार पर शिक्षण संस्थाओं का भगवाकरण करने का आरोप लगाया हरियाणा कांग्रेस द्वारा जारी एक प्रैस विज्ञप्ति के अन्सार तंवर पर प्रवेश द्वार के पास ही लाठी चार्ज किया गया और उन्हें हिरासत में लिया गया कांग्रेस ने उन्हें अलोकतांत्रिक ढंग से गिरफ्तार करने का आरोप लगाया और कहा कि तंवर किसी राजनीति उद्देश्य से नहीं बल्कि छात्रों की समस्याओं और भविष्य की योजनाओं पर बातचीत करने गए थे

हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने कहा है कि विश्व में अपनी तरह का पहला श्रीकृष्णा आय्ष विश्वविद्यालय क्रुक्षेत्र लोगों को वैकल्पिक चिकित्सा एवं शिक्षा प्रदान करने में मील का पत्थर साबित होगा जिससे रोजगार के अवसर भी सुजित होंगे

उन्होंने कहा कि इस बारे में प्री योजना तैयार कर शीघ्र टैंडर जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी ताकि जल्दी ही इसका निर्माण कार्य किया जा सके उन्होंने कहा कि इससे पहले आय्ष से संबंधित कोई भी विश्वविदयालय नही था जो आय्ष महाविदयालयों पर नियंत्रण कर सके इसके अलावा विश्वविद्यालय में आय्ष के सभी विंग आय्र्वेद योग य्नानी सिद्घा तथा होम्योपैथी से संबंधित शिक्षा एवं चिकित्सा दी जाएगी विश्वविद्यालय के क्लपति प्रो बलदेव क्मार ने कहा कि यह विश्वविद्यालय अपने आप में अद्वितीय होगा जहां आयर्वेद एवं अन्य पद्घतियों के विस्तार के लिए सुजनात्मक कार्य किया जाएगा उन्होंने कहा कि इस वेबसाइट के माध्यम से बीएएमएस व बीएचएमएस इत्यादि पाठ्यक्रम में ऑनलाइन दाखिला प्रक्रिया शीघ्र श्रू की जाएगी

हरियाणा में स्पैशल टास्क फोर्स में तैनात कर्मियों की सेवा के दौरान मृत्य् होने पर उनके आश्रितों को दी जाने वाली अन्दान राशि को बढ़ाकर पचास लाख रूपये किया गया है इसके अलावा दंगों या अन्य कार्यो में जान गंवाने वाले प्रदेश के प्लिस जवानों के बच्चों को पढ़ाई के लिए चार साल तक अधिकतम एक लाख रूपये सलाना राशि स्कूल श्ल्क प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा चार लाख रूप्ये होगी महानिदेशक म्ख्यालय श्री के के मिश्रा की उपस्थिति में आज प्लिस म्ख्यालय पंचक्ला में हरियाणा प्लिस और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की बीच एक समझौता ज्ञापन के तहत पुलिस कर्मियों के हित में कई अन्य कल्याकारी निर्णय लिए गए

घायल प्लिस कर्मियों के कल्याण के लिए बैंक द्वारा यह स्विधा पहली बार श्रू की जा रही है इसी प्रकार प्राकृतिक मृत्यु होने पर प्लिसकर्मियों के आश्रितों को दी जाने वाली अन्दान राशि को दो लाख रूप्ये से बढ़ाकर अढाई लाख रूपये किया गया है